प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सत्र शरू होने से पहले कहा है कि संसद में सदभावपूर्ण वातावरण में खुलकर चर्चा होनी चाहिए संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में उन्हें लगभग सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलने का अवसर भिला

इनर्क अलावा हाल ही में संपन्न लोकसभा उपचुनाव में चुनकर आये सांसदों ने भी आज शपथ ग्रहण की

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के रविवार को सेवानिवृत्त हो जाने के बाद श्री बोबडे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं

न्यायमूर्ति बोबडे अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ का हिस्सा थे वे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके है

इसी दिन राज्य की मौजूदा सरकार का एक वर्ष भी पूरा हो रहा है सागर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर आज जिले के देवरी में रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है जिसमें नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हर्ष यादव ने भी रक्तदान किया

शिक्षा विमाग की योजना तहत चयनित इन स्कूलों में वे सभी सुविधाये मुहैया कराई जायेंगी जो निजी स्कूलों में दी जाती हैं

विभागीय अधिकारी हरीश अवस्थी ने बताया कि चिन्हित स्कूलों मे शिक्षक तथा छात्र छात्राओं की गतिविधियों की अब लगातार निगरानी की जायेगी इसके अलावा स्कूल का रखरखाव और बुनियादी सुविधायें बेहतर बनाकर निजी स्कूलों की तरह माहौल तैयार किया जाएगा मौसम प्रदेश के अधिकांश जिलों में इन दिनों दिनभर धूप खिली रहती है लेकिन रात के तापमान में लगातार गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ने लगा है मौसम केन्द्र ने बताया कि उत्तरी हवाओं के चलने से अगले दो से तीन दिनों में तापमान में और अधिक गिरावट आयेगी जिससे तेज ठण्ड बढ़ सकती है

शहडोल जिले में इन दिनों मतदाताओं के सत्यापन का काम जारी है

सतना कलेक्ट्रेट समाकक्ष में आज आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई

ग्वालियर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक राजाबाब् सिंह ने आज शिवपुरी का दौरा किया

अनूपपुर जिले के बिजूरी में आज तड़के एक किराना दुकान में आग लग गई